मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलन्दशहर की घटना को बताया बड़े षड्यंत्र का हिस्सा सभी आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी के दिये निर्देश रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की बैंक दरों में नहीं किया गया कोई बदलाव केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत दो सौ चौवन परियोजनाओं के लिए चौबीस हजार करोड़ रुपये किया है मंजूर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संचार उपग्रह जी सैट इलेवन के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को बधाई दी है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के सबसे भारी बड़े और अत्याधनिक उपग्रह का प्रक्षेपण भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की बहत बड़ी उपलब्धि है जिससे द्रदराज के इलाकों के जुड जाने से करोडों देशवासियों के जीवन में बदलाव आयेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने नवाचार करके उपलब्धियों तथा सफलताओं के उच्च मानकों को बनाये रखा है उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के इस विलक्षण कार्य से हर देशवासी को प्ररेणा मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलन्दशहर में हुई हिंसक घटना पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिये हैं एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्लिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने घटना को गहरी साजिश का हिस्सा बताते हए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के अधिकारियों को निर्देश दिये श्री योगी ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों से कड़ाई से निपटा जाये बुलन्दशहर की घटना की गंभीरता से जांच की जाये और गोकशी में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये श्री योगी ने कहा कि जब उन्नीस मार्व दो हजार सत्रह को अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिये गये थे तब यह अवैध काम कैसे हो रहा था उन्होंने कहा कि यदि जनपदों में अवैध कार्य होते हैं तो यह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी बुलन्दशहर की घटना में दो पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिनमें से एक प्रतिबंधित पशुओं की हत्या से संबंधित तथा दसरी भीड द्वारा पुलिस पर हमला से संबंधित है मामले की जांच एसआईटी की टीम कर रही है इसके अलावा खुफिया विभाग के अपर महानिदेशक एस वी शिरोडकर भी जांच कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर ब्लन्दशहर घटना के दिवंगत पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध क्मार सिंह के परिजनों से भेंट करेंगे यह जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दी है गौरतलब है कि मृतक के परिजन अन्येष्टि से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बुलन्दशहर की घटना के बारे में मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब मांगा है आयोग का मानना है कि प्रशासन और पुलिस इस संवेदनशील मामले को रोकने में असफल रहे हैं गौरतलब है कि ब्लन्दशहर में सोमवार को हुई हिंसक घटना में एक पुलिस निरीक्षक और एक ग्रामीण की मौत हो गई थी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस पर आज उन्हें श्रद्वाजंति देने के लिए प्रदेश भर में विमिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहें हैं कई स्थानों पर उनके प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वाजलि देने का क्रम शुरू हो गया है

संसद भवन लॉन में उनकी प्रतिमा पर लोग सुबह साढ़े नौ से ग्यारह बजे तक पुष्पाजंलि अर्पित कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए ग्यारह दिसम्बर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है शीतकालीन सत्र ग्यारह दिसम्बर से आठ जनवरी तक चलेगा सरकार ने भी दस दिसम्बर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है भारतीय रिजर्व बैंक ने कल घोषित द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख बैंक दरों में कोई बदलाव नहीं किया है केन्द्रीय बैंक ने रेपो दर छह दशमलव पांच प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर छह दशमलव दो पांच प्रतिशत पर बरकरार रखी है रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देता है रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों से ऋण लेता है बैंक दर पौने सात प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है रिजर्व बैंक के गवर्नर उजिंत पटेल की अध्यक्षता वाली छह सदस्थीय मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत दरों को यथावत रखने का निर्णय लिया कल विश्व मृदा दिवस मनाया गया मिट्टी को स्वस्थ बनाये रखने और इसके संसाधनों का सदुपयोग करने पर जोर देने के लिए हर वर्ष पांच दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है मृदा प्रदूषण को कम करने का हल निकालें

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि अगर भूमि का स्वास्थ्य खराब होगा तो उपज विषैली होगी श्री शाही मुदा दिवस पर लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे उन्होंने अधिकारियों से नगर पंचायतों में किसान पाठशाला लगाकर किसानों को जैविक खाद के बारे में जागरूक करने का आहवान किया इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत दो सौ चौवन परियोजनाओं के लिए चौबीस हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं कल नई दिल्ली में इंडिया वॉटर इम्पेक्ट समिट दो हजार अट्ठारह का उद्घाटन करते हुए जल संसाधान नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले चार वर्षो में इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं जल संसाधन मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय की प्राथमिकता गंगा में प्रद्षण के रोकथाम की है और इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा

साहित्य अकादमी ने चौबीस भाषाओं में अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है

उपन्यास श्रेणी में पुरस्कार पाने वालों में हिन्दी की चित्रा मुदगल डोगरी के इन्द्रजीत केसर और अंग्रेजी के अनीस सलीम प्रमुख है लघुकथाओं के लिए चुने गये लेखक हैं बंगला के संजीब चट्टोपाध्याय कश्मीरी के मुश्ताक अहमद मुश्ताक और मैथिली भाषा की प्रोफेसर बीना ठाकूर ये पुरस्कार अगले वर्ष उन्तीस जनवरी को नई दिल्ली में प्रदान किए जायेंगे केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सभी राज्यों में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है जो किसी भी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है